पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव प्रचार का समय घटा दिया है अब वहां आज रात दस बजे के बाद कोई चुनाव प्रचार नहीं कर सकेगा मंगलवार को कोलकता में हुई हिंसा के बाद आयोग ने ये निर्णय लिया

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी ने चुनाव आयोग के इस निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है गौरतलब है कि मंगलवार को पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव रैली और रोड शो के दौरान हिंसा भडक उठी थी और प्रसिद्व समाज सुधारक ईश्वर चन्द्र विद्यासागर की मूर्ति को तोड दिया गया था इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण का प्रचार अब चरम पर है

विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता प्रचार में जुटे हैं इस चरण में प्रचार के लिए केवल दो दिन का समय बाकी है

जिला निर्वाचन अधिकारियों और कार्मिको को मतगणना का प्रशिक्षण दिया जा रहा है यह प्रशिक्षण कल तक चलेगा इसमें ईवीएम वीवीपैट और डाक मतपत्रों की होने वाली मतगणना और उसकी रिपोर्ट तैयार करने के बारे में बताया जा रहा है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि महिला सुरक्षा के लिए जिला स्तर पर अलग सैल गठित की जाएगी और इसमें उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को लगाया जाएगा

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का आज अलवर जिले के थानागाजी में सामूहिक दुष्कर्म पीडिता और उसके परिवार से मुलाकात का कार्यक्रम है उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पाण्डे और अलवर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी जितेन्द्र सिंह भी मौजूद रहेंगे

कल विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया

बैठक में इसके अलावा संसदीय संग्रहालय बनाने के बारे में भी विचार विमर्श किया गया बैठक में निर्णय लिया गया कि इन कार्यो के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एम्पावर कमेटी का गठन किया जायेगा

उन्होंने बताया कि दोनों संकायों में लडकों की तुलना में लडकियों का परिणाम ज्यादा रहा है

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को डिग्गी से बाहर निकलवाया पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल प्रदेश में कई जगह धूलभरी आंधी चली और बारिश हुई नागौर में देररात तेज हवाओं के साथ आंधी आई इसके कारण कच्चे मकानों के छप्पर उड़ गये और बिजली के पोल गिर गये नागौर के समीप चिनार में एक टैंट का पाईप गिर जाने से एक बच्चा घायल भी हो गया बाडमेर में कल रात आंधी के साथ बारिश होने के कारण कई स्थानों पर पेड और बिजली के खम्मे गिर गये जिससे बिजली आपूर्ति देररात तक बंद रही चुरू में भी आज सवेरे बारिश हुई आस पास के गांवों में अच्छी बारिंश की वजह से जोहड और टांकों में पानी आने से लोगों को राहत मिली है उधर सीकर और जैसलमेर में भी धूलभरी आंधी चली श्रीगंगानगर में भी बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई लेकिन वहां रेल की पटरियों पर पेडों के गिर जाने से रेल यातायात में व्यवधान आया जबकि मंडियों में रखा गेहूं भीग जाने से किसानों को चिंता होने लगी है